प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को करोडो युवाओं के लिए वरदान बताया कहा बढ़ेगी पारदर्शिता प्रदेश में जरूरतमंदों को किफायती दाम पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए आज से शुरू हो रही है इंदिरा रसोई योजना अलवर और भरतपुर जिलों के क्छ स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के च्रनिंदा लाभार्थियों स्वच्छाग्रहियों और सफाइ कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे

श्री मोदी ने टवीटर पर कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए यह एजेंसी कई तरह की परीक्षाओं की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाएगी इससे बहुमूल्य समय तथा संसाधनों की बचत होगी उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता में अत्यधिक वृद्धि होगी गौरतलब है कि केन्द्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है यह एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल संवादाताओं को बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के युवाओं को लाभ होगा और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी होगी

इससे इन संगठनों में भर्ती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी शुरू में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में दो बार परीक्षा आयोजित करेगी मंत्रिमंडल ने सरकारी निजी साझेदारी के जरिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी

उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणी तक उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें श्री गहलोत कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं के परिवादों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए जिला और उपखंड स्तर पर अभियंता आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लें मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहायशी भवनों तथा अन्य निजी इमारतों से गुजर रही बिजली लाइनों को हटाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी स्कूलों से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने के लिए अभियान चलाएं और इन्हें निशुल्क शिफ्ट किया जाए

इसके तहत राज्य में गरीब और साधनहीन लोगों को आठ रूपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सकेगा

इसके लिए उनकी विशेष स्क्रीनिंग कर रैफरल व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा

ऐसे समूहों को कोरोना से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के हृदय रोगी मधुमेह और टीबी जैसी नॉन कम्यूनिकेबल बीमारियों से पीड़ित मरीजों को तीन महीने की दवाएं मोबाइल वैन के जरिए उनके राजस्व गांवों तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी

इस मौके पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

वहीं धौलपुर करौली टोंक सवाई माधोपुर ओर नागौर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है इस बीच राज्य में कल कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गयी